भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन रूस के व्लादिवोस्तोक में सम्पन्न हो गया है प्रधानमंत्रो नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश तेल और गैस खनन परमाणु ऊर्जा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और द्विपक्षीय संबधों के विस्तार पर चर्चा की उन्होंने हवाई और समुद्री संपर्क परिवहन ढांचा उच्च तकनीक बाहरी अंतरिक्ष और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं

आज हमारे बीच डिफेंस न्यूरक्लीयर एनर्जी स्पेस बिजनेस दू बिजनेस जैसे कई क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊचाईयों तक पहुंचाने के लिए सहमति बनी है प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनो देशों की साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है रूस भारत का एक अभिन्न मित्र और विश्वस्तरीय साझेदार है हमारी स्पेशल और प्रिवलेज्ड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का विस्तार करने पर आपने व्यक्तिगत ध्यान दिया है आज की हमारी मुलाकातें बहुत महत्वपूर्ण है और उनका ऐतिहासिक महत्व भी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लांदिमीर पुतिन व्लादिवोस्तोक के पास ज्वेजदा पोत निर्माण संयंत्र देखने गये

प्रदेश की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने महिलाओं से स्वच्छता अभियान के साथ ही पोषक खाना बनाने का आहवान किया उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य के लिये फास्ट फूड से परहेज करने की सलाह दी

उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों और प्राइवेट कॉलेजों को एक एक गांव गोद लेने की भी सलाह दी राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को अपने पाठयक्रम में पोषक खाने की उपलब्धता और बनाने को शामिल करने के लिये कहा प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए राज्यपाल ने इन स्कूलों के बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और निजी स्कूल अपने संसाधनों से प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को देशाटन कराने में मदद करे भारतीय सेना ने कश्मीर में लश्करे तैयबा के दो आतंकवादियों का गिरफ्तार किया ह ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी हैं

उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान घाटी में शांति भंग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रहा है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिये शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आज लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के लिये प्रेरणा पोर्टल और एप का लोकार्पण किया इस एप के माध्यम से अध्यापकों की हाजिरी दर्ज करने और उन्हें छुट्टी देने क विवरण की व्यवस्था की गई है अब अध्यापकों की हाजिरी सेल्फी के माध्यम से लगेगी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षकों पर शिक्षा का बड़ा दायित्व है उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दो साल के दौरान बड़ा बदलाव आया है और स्कूलों में छात्रों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है उन्होंने कहा कि शिक्षा में कायाकल्प अभियान को सफलता मिली है और स्कूल चलो अभियान से लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को नियमित रूप से उपस्थित रहने का आह्वान करते हुए कहा कि महिला शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकतो ह शिक्षा केवल पुस्तकीय और अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि छात्रों को परिपूर्ण ज्ञान देने की जरूरत है जिससे वह जीवन की चुनौतियों से जूझ सके बाइट प्राथमिक शिक्षा उच्च प्राथमिक शिक्षा जिसका किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है और मेरा यह मानना है कि बेसिक शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा में सबसे अच्छा कोई हो सकता है तो महिलाएं ज्यादा अच्छी उसमें योगदान दे सकती है और अगली बार से यह पुरस्कार पुरूषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा मिले तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अगर वह स्कूल नियमित रूप से जाये तो अगर वह नियमित रूप से जायेंगी तो बहुत अच्छी शिक्षक हो सकती है बहुत अच्छा करने और समाज की इस नींव को सुदृढ़ करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन आप जो कर सकते हैं उन्होंने अध्यापकों से विद्यालय को स्मार्ट स्कूल बनाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि गांव का एक भी बच्चा स्क्ल जाने से वंचित नहीं रहना चाहिये उन्होंने अध्यापकों से जागरूक होने तथा अपनी जानकारी बढ़ाने की आवश्यकता बताई बाइट एक रणनीति बना ले ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान या पूरी टीम के साथ मैं अगर हम बैठ करके उनके साथ एक संवाद स्थापित कर ले और उनको बताये कि भई देखों गांव का एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहना चाहिये और इसके लिये घर घर जाकर के अगर आपने सम्पर्क करना प्रारम्भ किया आप गये होंगे आपके प्रति गांव में कितना बड़ा सम्मान बढ़ेगा देश और दुनिया में कहां क्या घटित हो रहा है क्या कुछ पहले घटित हुआ है इन सबकी जानकारी आपको हो अगर आप बच्चों को बताते रहेंगे मार्निंग असेम्बली में बतायेंगे या फिर क्लास रूम में बतायेंगे तो उसकी जानकारी में उतनी ही अभिवृद्धि होगी और वह आप के प्रति किसी न किसी रूप में कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ दिखाई देगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले उन्चास अध्यापक और अध्यापिकाओं को सम्मानित किया राज्य सरकार ने सरकारी बैठकों में प्लास्टिक थर्माकोल या इससे संबंधित सामग्री से बने किसी भी प्रकार के खान पान के बर्तन प्रयोग में न लाने के कड़े निर्देश दिये हैं प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिया है कि शासन मंडल और जनपद स्तर पर आयोजित बैठकों में प्लास्टिक और थर्माकोल से बने किसी भी प्रकार के प्लेट गिलास चम्मच आदि बर्तनों का उपयोग नहीं किया जायेगा जारी बयान के अनुसार प्लास्टिक और थर्माकोल के स्थान पर स्टील और कांच के गिलास पानी पीने हेतु उपलब्ध कराये उन्होंने कहा कि प्लास्टिक अपशिष्ट से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वहीं जन स्वास्थ्य एवं पशुओं के लिये यह अत्यन्त घातक है गौरतलब है कि प्लास्टिक और थर्माकोल के उत्पादन और उपयोग आदि पर रोक लगाने के लिये विभिन्न शासनादेश जारी किये जा चुके हैं देश में छह हजार से अधिक रेलवे स्टेशनों को इस महीने के अन्त तक वाई फाई सुविधा से जोड़ दिया जायेगा

आकाशवाणी से बातचीत में रेल टेल के सी एम डी पुनीत चावला ने कहा कि अभी तक यह सुविधा चार हजार स्टेशनों पर है मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल देशों का चौदहवां सम्मेलन दिल्ली के समीप ग्रेटर नोएडा में चल रहा है सोमवार को शुरु हुए बारह दिन के इस सम्मेलन में मुख्य रूप से भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने और इसे पारिस्थितिकी प्रणाली के अनुकूल बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है आकशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मरुस्थलीकरण से निपटने की संयुक्त राष्ट्र संघि से सम्बद्ध एनजीओ और सिविल सोसाइटी सम्पर्क अधिकारी मार्कोस मोन्टोरियो ने कहा कि भारत मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने तथा मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है